कोविड महामारी से देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें

इस बीच पावर प्रोजेक्ट की स्रंग में फंसे लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में एक और झील बनने की जानकारी मिल रही है जो भविष्य में खतरनाक साबित हो सकती है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सुशील चंद्र तिवारी के पास जो तपोवन में मौजूद है स्शील जी क्या अपडेट है आपके पास

आज पूर्व म्ख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से उनके सरकारी आवास पर म्लाकात की इस दौरान पूर्व म्ख्यमंत्री ने कहा कि जिस तेजी से म्ख्यमंत्री ने सभी सबंधित राहत दलों और विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये उससे स्थिति काफी हद तक नियंत्रित हई है कुषि मंत्री बैठक प्रदेश के कृषि मंत्री स्बोध उनियाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की किसान रेल संचालन योजना से उत्तराखण्ड के किसान को अप्रत्याशित लाभ पहंचेगा किसान रेल संचालन योजना के सम्बन्ध में हई बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में सब्जी फल और फूल का बडे स्तर पर उत्पादन किया जाता है इस योजना से किसान अपने उत्पाद देश के किसी कोने में रेल के माध्यम से भेज सकता है और उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकता है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों को अधिक से अधिक स्विधाएं देते हए बेहतर मार्केटिंग आधार संरचना तैयार की जाए

देहराद्रन में वनाग्नि प्रबंधन एवं स्रक्षा की बैठक में मुख्यमंत्री वन मुख्यालय पर तत्काल इन्टीग्रेटेड फायर कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर की स्थापना करने के निर्देश दिये हैं वनाग्नि प्रबंधन के लिए यह देश का पहला सेंटर होगा

इस सेंटर के माध्यम से सैटेलाईट से सीधे फायर संबंधित सुचनाओं को एकत्रित कर फील्ड लेवल तक पहंचाने की व्यवस्था की जायेगी

उन्होंने निर्देश दिये कि वनाग्नि प्रबंधन के लिए एक अपर प्रम्ख वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाय राज्य में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए इनके दवारा मॉनिटरिंग की जायेगी म्ख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ को निर्देश दिये कि वनाग्नि प्रबंधन के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी जाय उन्होंने कहा कि आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था के साथ ही एसडीआरएफ मद से भी उपकरण ले सकते हैं मोतीचुर अंडरपास देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोतीचूर में हरिप्र कला गांव के लिए अंडरपास बनेगा प्रस्तावित अण्डरपास के निर्माण से जाम की समस्या दूर होगी और द्र्घटनाओं से बचाव होगा देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत मोतीचूर में हरिप्र कला गांव के लिए ट्रैफिर रूट न होने और गांव का सम्पर्क सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से होने के कारण क्षेत्र में सड़क द्र्घटना और जाम की स्थिति बन होती है राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दवारा इस स्थान पर अण्डरपास का निर्माण किया जायेगा

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्रीरमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संय्क्त रूप से कल नई दिल्ली में द इंडिया टॉय फेयर की वेबसाइट की श्रूआत की इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने और खिलौना उत्पाद उदयोग को स्दृढ़ बनाने के लिए सरकार ने पिछले महीने पहले टॉयकेथॉन का आयोजन किया था उन्होंने कहा कि हस्त निर्मित खिलौने के क्षेत्र में चार हजार उद्यम देश में मौजूद हैं उन्होंने कहा कि इस मेले से स्वदेशी खिलौना उदयोग को मदद मिलेगी कभ कोविड हरिदवार कृंभ मेले को कोविड से स्रक्षित कराने के मेला प्रशासन सभी व्यवस्थाएं कर रहा है मेला क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन के लिए बने केंद्रों पर चल रहे टीकाकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है कोविड वैक्सीनेशन कार्य को गति देने के लिए अपर मेलाधिकारी रामजी शरण शर्मा ने ऋषिकल आयर्वेद परिसर में कंभ को लेकर चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने वहां उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों और मेला प्रशासन से ज्ड़े अधिकारियों को शत प्रतिशत वैक्सीनेशन कराने के कार्य को जिम्मेदारी से पूरा कराने का निर्देश दिये कोविड टीकाकरण बागेश्वर बागेश्वर जिला कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में सर्वाधिक टीकाकरण के मामले में राज्य में पहले नंबर पर है

इस बीच जिले के राजकीय इंटर कॉलेज बाजीरौट में कक्षा नौ के एक छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है छात्र को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया और स्कूल को भी तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है

ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऐम्स के डॉक्टर प्रसन पंडा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे